लोकसभा चुनाव के सातवें और अंतिम चरण में उन्नीस मई को होने वाले मतदान के लिए चूनाव प्रचार कल शाम समाप्त हो जायेगा इस चरण में पटना साहिब पाटलिपुत्र सासाराम काराकाट बक्सर आरा जहानबाद और नालंदा संसदीय क्षेत्रों में मतदान होना है सातवें चरण में बीस महिला प्रत्याशियों समेत एक सौ संतावन उम्मीदवार चूनाव मैदान में हैं जबकि मतदाताओं की संख्या एक करोड़ बाबन लाख से अधिक है नक्सल प्रभावित दस विधानसभा क्षेत्रों में शाम चार बजे तक ही मतदान होगा अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजय कुमार सिंह ने बताया कि पाटलिपुत्र संसदीय क्षेत्र के मसौढ़ी और पालीगंज सासाराम के भभुआ चैनपुर चेनारी और सासाराम काराकाट के डेहरी काराकाट गोह और नवीनगर में मतदान सुबह सात बजे से शाम चार बजे तक होगा जबकि अन्य क्षेत्रों में मतदान शाम छह बजे तक होगा विभिन्न दलों और गठबंधनों ने राज्य में सातवें और अंतिम चरण के चुनाव के लिए पूरी ताकत झोक दी है विभिन्न दलों के वरिष्ठ नेता अपने अपने प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित करने के लिए लगातार सभा और रोड शो कर मतदाताओं को लुभाने के में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे है इस चरण के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राज्य में तीन सभाएं की है जबकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत अन्य नेता हर रोज चुनावी सभाओं को संबोधित कर रहे हैं सातवें चरण में आठ लोकसभा क्षेत्रों के लिए हो रहे चुनाव में आज कई राजनेता और कलाकार चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी विक्रम में एक चूनावी सभा करेंगे उसके बाद शाम छह बजे राजधानी पटना के मोइनूलहक स्टेडियम से लेकर नाला रोड तक रोड शो करेंगे जदयू अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज ड्मरांव विक्रमगंज जहानाबाद और सोगरा में चूनावी सभाओं को संबोधित करेंगे इस मौके पर उनके साथ लोजपा अध्यक्ष रामविलास पासवान और उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी भी उपस्थित रहेंगे वहीं राजद नेता तेजस्वी प्रसाद यादव अस्थावां अतरी अरवल और विक्रम में अपने प्रत्याशियों के समर्थन में चूनावी सभा करेंगे उधर भाजपा के बिहार प्रभारी भूपेन्द्र यादव और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय संयुक्त रूप से बख्तियारपुर में चुनाव प्रचार करेंगे दिल्ली भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और अभिनेता मनोज तिवारी विधायक अनिल सिंह के साथ ब्रम्हपूर राजपूर चेनारी और शाहपुर में चुनावी सभा करेंगे वहीं अभिनेता पवन सिंह और विधायक मिथिलेश तिवारी दुर्गावती रामगढ़ सिमरी मोहनिया और दीघा में अपने प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार करेंगे सातवें और अंतिम चरण के चुनाव प्रचार के दौरान कल औरंगाबाद और रोहतास में चुनावी सभाओं को संबोधित करते हुए मुजख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि मनगढ़ंत आरोप लगाने वालों से सावधान रहने की जरूरत है राज्य सभा में प्रतिपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद ने पटना में कहा कि भाजपा को बंगाल में कुछ नहीं मिलेगा जबकि बिहार कांग्रेस प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल ने कहा कि नरेन्द्र मोदी की सरकार जुमलों की सरकार है राजद नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने रोहतास बक्सर और बिहारशरीफ की चूनावी रैलियों में कहा कि संविधान के साथ खिलवाड़ हो रहा है उसे बचाना होगा महागठबंधन के नेता शरद यादव ने दावथ में कहा कि देश को प्रधानमंत्री मोदी ने कीचड़ बना दिया है इस सभा में हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतनराम मांझी ने कहा कि दो हजार चौदह में प्रधानमंत्री ने जो वादे किये थे वे सभी गायब हो गये हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजधानी पटना में एक चुनावी सभा में कहा कि बिहार में नीतीश कुमार की अगुवाई में जनता के हितों के लिए काम किया जा रहा है लोजपा के चिराग पासवान ने फुलवारीशरीफ में कहा कि देश के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एक जरूरत बन गये हैं सातवें चरण के चुनाव को अपराध मुक्त बनाने के लिए पुलिस पूरी तरह सतर्क है पूलिस ने अब तक एक सौ पचास लाईसेंसी हथियार को जब्त कर लिया है जबकि चार अवैध हथियार बरामद किये गये हैं जांच के दौरान लगभग छह हजार लीटर शराब और सात जिंदा कारतूस भी जब्त किये गये हैं चुनाव आयोग ने कहा है कि नमूने के तौर पर वीवीपैट से पर्चा मिलान के बाद ही चुनाव परिणाम घोषित किये जायेंगे आयोग के अनुसार मतगणना के दौरान ईवीएम और वीवीपैट में डाले गये मतों के बीच अंतर मिलने पर वीवीपैट की गिनती को ही अंतिम माना जायेगा जिसके लिए प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में पांच ईवीएम और इनसे संबंधित वीवीपैट में दर्ज मतों का मिलान किया जायेगा इसके लिए आयोग ने राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को एक विस्तृत दिशा निर्देश भेजा है मौसम विभाग ने कहा है कि राज्य में पन्द्रह जून के बाद मॉनसून की पहली बारिश होने की संभावना है विभाग ने कहा है कि अरब सागर में हवा की रूख और नमी के आधार पर यह तिथि तय की गयी है हालांकि इसमें एक दो दिन तक तिथि आगे पीछे हो सकती है वहीं मौसम वैज्ञानिकों ने कहा कि प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में दो प्रकार की हवाए बह रही है औरंगाबाद कैमूर जहानाबाद नवादा और इसके आस पास के क्षेत्रों में पछुआ हवा चल रही है जबकि राज्य के अन्य हिस्सों में उत्तर पूर्व दिशा से हवाए आ रही है वैज्ञानिकों का कहना है कि भागलपुर के क्षेत्र में एक टर्फ लाईन बनी हुई है जिससे इस क्षेत्र में हल्की बारिश के आसार है राज्यपाल लालजी टंडन ने भीमराव अम्बेदकर बिहार विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक समेत चार अधिकारियों को हटा दिया है राज्यपाल ने विश्वविद्यालय के कुलपति को नैक मूल्यांकन में लापरवाही बरतने के आरोप में सात महाविद्यालयों के जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है राज्य स्वास्थ्य समिति ने पूर्वी और पश्चिम चंपारण बेगूसराय मधेप्रा तथा समस्तीपूर के एक एक प्रखंड स्वास्थ्य प्रबंधको को हटाने का निर्देश दिया है इन प्रबंधकों पर एक सौ दो नम्बर के एम्बुलेंस के परिचालन में अनियमितता बरतने का आरोप है छत्तीसगढ़ के रायपुर में खेली जा रही नौवीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरूष चैम्पियनशिप के एक मुकाबले में बिहार ने असम को आठ दो से पराजित कर दिया बिहार की ओर से मोहम्मद दानिश ने तीन होरो संचित तथा मनजीत ने दो दो और पंकज ने एक गोल किया रणधीर वर्मा अंडर नाईटीन जोनल क्रिकेट के एक मुकाबले में सीवान ने नालंदा को ग्यारह रनों से हरा दिया कोयम्बटूर में आयोजित छत्तीसवीं राष्ट्रीय यूथ बास्केटबाल चैम्पियनशिप में बिहार की बालक और बालिका टीम ने जीत के साथ अपने अभियान की शुरूआत की है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने पालीगंज में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के चुनावी सभा को प्रमुखता से प्रकाशित किया है हिन्दुस्तान ने प्रधानमंत्री के हवाले से सुर्खी दी है बिहार में विकास की गंगा बहेगी दैनिक जागरण लिखता है मोदी ने बिहार के अंतिम चुनावी सभा में कहा फिर आ रहा हूं मैं दैनिक भास्कर ने बंगाल में तय समय से उन्नीस घंटे पहले आज रात दस बजे से प्रचार बंद को बड़ी खबर बनाया है प्रभात खबर ने पटना में राहुल गांधी का आज होगा रोड शो और दसवीं में कम हो सकती है प्रश्नों की संख्या को प्रमुखता दी है और अब अंत में मुख्य समाचार सातवें और अंतिम चरण के लिए कल शाम थम जायेगा चुनाव प्रचार